फ्रांस जर्मनी स्पेन चीन इटली ईरान दक्षिण कोरिया और जापान

उन्होंने कहा कि उनके निमोकता उनहें अपने से काम करने का प्रावधान देंगे

को न्कसान पहंचाया गया

डॉ रज्जाक ने बताया कि पपीते के बाज़ार में अच्छी मांग है जिससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी

जब ये वायरल वीडियो दादरी के उपायुक्त श्याम लाल प्निया के पास पहंची जो उन्होंने विभाग खंड शिक्षा अधिकारी क्लदीप ॅफोगाट के इसकी जांच सौंपी जांच में श्री फोगाट ने पाया कि ये परीक्षा पत्र वास्तविक ह रिपोर्ट को लेकर प्रशासन व बोर्ड को भेज दी गड्ड समाचार लिखे जाने तक गणित की परीक्षा रद्द नहीं हई थी

डिंग रोड के पास से गिरफ्तार किये गये इन आरोपियों से एक कार भी बरामद की गई

आरोपियों से पूछताछ की जा रही हथ अम्बाला प्लिस ने नारायणगढ़ के मद्आ खेड़ी हत्याकांड मामले मे वाछित लारेंस गैंग के गैंगस्टर मोहित मैंटल के साथी योगराज पिंकी को गिरफ्तार कर लिया हण आरोपी को आज अदालत में पेश किया गया जहां अदालत ने उसे प्लिस रिमांड पर भैज दिया

उन्होंने कहा कि आरोपी से गहन प्रछताछ की जा रही ह ताकि मोहित मैंटल की गिर फ्तारी की जा सकें

ये जानकारी जिला समाज कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने दी पलवल मे आज अतिरिक्त उपायुक्त वत्सल वशिष्ठ ने रेडक्रास की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया रेडक्रास की से बस जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में जाकर रेडक्रास सोसायटी दवारा चलाई जा रही गतिविधियों के बारे में लोगों को जागरूक करेगी

रेड क्रास की गतिविधियों को गांव गांव तक पहंचाने के लिए राज्यपाल ने तीन एम्बुलैंस बस को राजभवन से इरी झंडी दिखाकर रवाना किया था

तो दूसरों के लिए प्ररेणा स्त्रोत बन गये हण उनहोंने बताया कि वो बेर से ही प्रति एकड़ तीन से चार लाख रूपये सलाना काम लेते हैं